्म महेन्द्र सिंह सिंघवी होंगे राज्य के नये महाधिवक्ता ्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये लोगों से करेंगे अपने विचार साझा ्तीन तलाक बिल कल राज्यसभा में किया जायेगा पेश प्रदेश में कांग्रेस का जनघोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होगा और इसे समयबद्व तरीके से लागू किया जायेगा राज्य मंत्रिमंडल ने कल सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया

इसी के तहत वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया गया है पंचायतों और नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त कर दी गई है वहीं महापौर सभापति और नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव भी अब सीधे जनता द्वारा किया जायेगा

बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि बाड़मेर रिफाइनरी का काम तेजी से और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा

मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता होगा इसके लिए मुख्य सचिव को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं

देर रात राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली कल मंत्रिमंडल ने महाधिवक्ता की नियुक्ति का ज़िम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर छोड दिया था

उन्होंने जयपुर जोधपुर कोटा उदयपुर और बारां जिलों में स्वाइन फ्लु के अधिक मामले सामने आने पर इन जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जयपुर में स्वाइन फ्लु की स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ समित शर्मा ने इस सम्बन्ध में सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजे गये निर्देश में कहा है कि अस्पतालों के औषधि भण्डार में तीन महीने की दवाइयों का स्टॉक रखा जाये और मरीजों को वही दवाइयां लिखी जायें जो भण्डार में उपलब्ध हैं इससे अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर रोक लग सकेगी

उन्होंने श्री मलिक को बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह अब नियत समय पर हो रहे हैं श्री सिंह से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी भेंट की इसके अलावा राज्यपाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्वे से भी मुलाकात की

उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे ऐसे नये भारत के निर्माण के लिए काम करें जो भुखमरी भेदभाव जाति और सम्प्रदाय पर आधारित न हो

आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि बुनियादी आय योजना के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कई सब्सिडी योजनाएं पहले से ही लागू हैं सब्सिडी और ऐसी योजना एक साथ नहीं चल सकतीं उन्होंने कहा कि राजकोषीय क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जायेगा

रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं

लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है सरकार के पास राज्यसभा में बहमत नहीं है इसीलिए इस बिल को पारित कराना एक चुनौती होगी

इस मुद्दे पर मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने यह मामला प्राथमिकता से उठाया है

राजधानी जयपुर और जोधपुर के पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है जैसलमेर में रेतीले धोरों का आनन्द लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आये हैं धार्मिक नगरी पुष्कर में भी श्रद्वालुओं की आवक बढ़ने से मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है उदयपूर में पर्यटकों का आना जारी है और काफी तादाद में शहर के होटल पहले से ही बुक हो गये हैं प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंटआबू में तीन दिवसीय शरद महोत्सव कल से शुरु हो चुका है

कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है इधर आज सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

कड़ाके की सर्दी के चलते फसल खराबे की संभावना है कृषि विभाग ने किसानों को पाले से बचाव के लिए उपाय करने को कहा है